केंद्र सरकार ने कोविड नाईनटीन से प्रभावित प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए एक लाख सत्तर हजार करोड़ रूपये के राहत पैकेज की घोषणा की है नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि कोरोना के मुकाबले में लगे विभिन्न वर्ग के लोगों का तीन महीने के लिए पचास लाख रूपये का बीमा भी कराया जाएगा इनमें डॉक्टर चिकित्साकर्मी स्वास्थ्यकर्मी सफाई कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता शामिल है वित्तमंत्री ने बताया कि अस्सी करोड़ लोगों को अगले तीन महीने तक पांच किलो चावल या गेहूं मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा यह इस समय दिए जा रहे पांच किलो राशन के अलावा होगा इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को एक किलो दाल भी मुफ्त दी जाएगी श्रीमती सीतारमन ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आठ करोड़ सत्तर लाख किसानों और अन्य लोगों को अप्रैल के पहले सप्ताह तक उनके खाते में दो दो हजार रूपये जमा कर दिए जाएंगे वित्त मंत्री ने मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में भी वुद्धि की घोषणा की जिससे पांच करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा वरिष्ठ नागरिकों विधवाओं और दिव्यांगजनों को अगले तीन महीनों के दौरान एक एक हजार रूपये की दो किस्तों में तदर्थ अनुदान दिया जाएगा केन्द्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अगले तीन महीने तक मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घर खर्च के लिए उनके बैंक खाते में पांच सौ रूपया जमा किए जाएंगे श्री पासवान ने कहा कि इससे आठ करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना वायरस संक्रमण लॉकडाउन के मददेनजर लोगों की सहायता के लिये मुख्यमंत्री राहत कोष से एक सौ करोड़ रूपये जारी किये हैं मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि इस राशि से लॉकडाउन के कारण राज्य में विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए मजदूर रिक्शा चालक ठेला चालक और अन्य गरीबों के लिये आपदा राहत केन्द्र बनाये जायेंगे इन केन्द्रों में ऐसे लोगों के लिये भोजन और आवासन की व्यवस्था की जायेगी वहीं बिहार के जो प्रवासी मजदूर बाहर फंसे हुए हैं या प्रदेश लौटने के क्रम में रास्ते में हैं उन्हें वहीं पर रेसीडेंट कमिश्नर के माध्यम से संबंधित स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर राज्य सरकार अपने खर्च से भोजन और आवासन की सुविधा उपलब्ध करा रही है इन आपदा केन्द्रों पर कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा है कि अगले एक महीने तक किसी भी नगर निकाय क्षेत्र में जनता से होल्डिंग और अन्य का टैक्स नहीं लिये जायेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिर कहा है कि कोविड नाईनटीन महामारी पर रोक लगाने का एकमात्र उपाय भीड़ से बचना और अन्य लोगों से सुरक्षित दूरी बनाकर रहना है वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह वायरस भेदभाव नहीं करता और किसी भी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है

महामारत के युद्ध के समय भगवान श्रीकृष्ण महारथी थे सारथी थे

प्रधानमंत्री ने कोविड नाईनटीन संक्रमण के बारे में जानकारी देने के लिए बनाई गई व्हाट्सऐप हेल्पलाइन का जिक्र भी किया साउंड बाईट कोरोना से संक्रमित दनिया में एक लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं और भारत में भी दर्जनों लोग कोरोना के शिकजे से बाहर निकले हैं मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि कोरोना से जुडी सही और सटीक जानकारी के लिए सरकार ने व्हाट्सप के साथ मिलकर एक हेल्प डेस्क मी बनायी है

रेलवे ने यात्री ट्रेन सेवाओं को रद्द रखने की अवधि अगले महीने की चौदह तारीख तक बढ़ा दी है इससे पहले रेलवे ने सभी यात्री ट्रेन सेवाओं को बाईस मार्च की मध्य रात्रि से इकतीस मार्च तक निलंबित रखने की घोषणा की थी इक्कीस दिन के लॉकडाउन की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए मालगाड़ियों का संचालन जारी रहेगा देश में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़कर छह सौ उनचास हो गई है इनमें सैंतालीस विदेशी हैं संक्रमित लोगों में से तैंतालीस ठीक हो गए हैं और तेरह की मृत्यु हुई है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में करीब पच्चीस हजार लोगों का कोरोना परीक्षण किया गया है इधर बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढकर छह हो गयी है पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो नये मामले सामने आये हैं ये दोनों मुंगेर निवासी उस व्यक्ति के परिजन हैं जिसकी पिछले दिनों पटना के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी थी यह युवक कुछ दिन पहले कतर से स्वदेश लौटा था कोरोना वायरस से मृत व्यक्ति के मुंगेर जिला निवासी दो परिजनों को क्वारेंटाइन में भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है जिले के सिविल सर्जन प्रूरषोत्तम कुमार ने बताया कि जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज का इलाज किया था उन स्वास्थ्य कर्मियों के भी जांच के आदेश दिये गये हैं इधर युवक के संक्रमण के बारे में सूचना छूपाने वाले मुंगेर मुख्यालय स्थित नेशनल हॉस्पीटल को सील करने और चिकित्सकों सहित इसके कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्णय किया गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का सेवन डॉक्टर के परामर्श पर ही किया जाना चाहिए साउंड बाईट एक दवाई जो है हाइड्रोक्सिल क्लोरीक्लीन वह दवाई हमने दो पर्टिक्लर केसेज के लिए ही अलाऊ की है जोकि प्रोफाईल एक्सेस के रूप में काम करेगी जो केवल दी जा सकती है हेत्थकेयर वर्कर जो कि सस्पेक्टेड कन्फर्म केस से डील कर रहे हैं या उन कन्फर्म केसेस में जिनमें कि जो उनके फर्सट कॉन्टेक्ट हैं उनको दी जा सकती है कि जो ये परमिशन दी गई है प्लीज इसको इन लोगों के अलावा इस दवाई को कोई न ले ये डायरेक्शन बडी टेक्नीकली डिफाइंड डायरेक्शन्स है इसका पूर्णतरू अमल हो वरिष्ठ चिकित्सक द्वारका पांडेय ने बताया कि सामान्य सर्दी खांसी और कोरोना वायरस संक्रमण के अंतर को लोगों को समझने की जरूरत है

अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये लोग कोरोना वायरस के खिलाफ लडाई में सबसे आगे खडे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बनाए रखने को कहा है उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और नर्सों के साथ दुर्व्यवहार करना गलत है साउंड बाईट अपनी जान जोखिम में डाल कर दिन रात कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में जुटे डाक्टरों के साथ बदसलुकी इस सभ्य समाज पर किसी धब्बे से कम नहीं

वो सब प्रकार की सावधानियां ले रहे हैं कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये जन प्रतिनिधियों द्वारा अपने कोष से मदद दी जा रही है सांसद पशुपति कुमार पारस ने सांसद निधि से एक करोड़ रूपये की राशि देने की अनुशंसा की है खगड़िया सदर से विधायक प्रनम देवी ने अपने विधायक निधि से जिला प्रशासन से पच्चीस लाख रूपये खर्च करने की अनुशंसा की है सीतामढ़ी जिले से विधायक सुनील कुशवाहा और रंजू गीता ने एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की वहीं नानपुर प्रखंड प्रमुख मुकेश कुमार लाल ने अपने दो महीने का वेतन राहत कोष में दिया है प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि उल्लंघन करने पर पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में दस लोगों के खिलाफ नामजद और सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है वहीं शेखपुरा में पंद्रह मोटरसाईकिलों को जब्त किया गया है जिले में स्वास्थ्य विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों के देखरेख में लैब तकनीकी सहायकों को कोरोना वायरस संक्रमण के सैंपल लेने का प्रशिक्षण दिया गया इधर बेगूसराय में बरौनी रिफायनरी के अधिकारियों को संक्रमण से बचाव और रोकथाम के बारे में जागरूक किया जा रहा है अरवल जिले में उप विकास आयुक्त राजेश कुमार के नेतृत्व में शिकायत मिलने पर कालाबाजारी करने वाले और मूनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई की गयी मूजफ्फरपूर जिले में पूर्णतः बंद से प्रभावित गरीब मजदूरों और बेसहारा लोगों के खाने की व्यवस्था के लिये शहर के तीन स्थानों पर सामुदायिक रसोई घर शुरू किया गया है सीतामढ़ी जिले में खाने पीने की चीजों की आपूर्ति सुचारू करने के लिये कई निजी दुकानदार लोगों के घरों तक आपूर्ति कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने नगर निगम क्षेत्र में मशीन से सेंटेजाइजेशन की शुरूआत की दमकल की मशीनों से सड़कों को सेनेटाइज किया जा रहा है दरभंगा की महापौर बैजयंती खेड़िया ने कहा कि नगर निगम के सफाई कर्मियों को सेनेटाइजेशन के लिये हर सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है मोतिहारी में पूर्व केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह के नेतृत्व में भाजपा के तीन हजार से अधिक कार्यकर्ता कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता का प्रसार कर रहे हैं शेखपुरा के विधायक सुदर्शन कुमार ने लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मास्क का वितरण किया इधर कटिहार में सिविल डिफेंस और चैंबर ऑफ कॉमर्स के स्वयंसेवकों ने कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया है वैशाली की जिलाधिकारी ने लॉकडाउन के दौरान पशुओं के टीकाकरण की सुविधा हर हाल में सुनिश्चित करने को कहा है अररिया में कालाबाजारी और मुनाफाखोरी की शिकायतों के बीच जिला प्रशासन ने रेट चार्ट लगाकर किराना दुकानदारों को उचित मूल्य पर बिक्री करने का निर्देश दिया है इधर गया जिले में कोरोना वायरस के पांच और संदिग्ध मरीजों की जांच की गयी अभी तक किसी में वायरस संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है